इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए और घरेलू तथा वैश्विक बाजार में उत्पादन के लिए अपने व्यापक प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत इस सपने को साकार करेगा प्रधानमंत्री ने फिर वोकल फॉर लोकल का आह्वान किया और कहा कि भारत को विश्व की जरूरतों से निपटने का प्रयास करना चाहिए नरेन्द्र मोदी ने आज से राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरूआत की घोषणा की उन्होंने कहा कि यह मिशन भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र सेक्टर में एक नई क्रांति ले आएगा

उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पुलिस आईटीबीपी गृह रक्षक व एनसीसी कैडिटों द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट का निरीक्षण किया और सलामी ली अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी उन्होंने स्वतंत्रता सैनानियों और शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित की जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया आज हमारे देश की ताकत और क्षमता को स्वीकार कर रही है कोरोना महामारी के दौरान आत्मनिर्भर भारत की घोषणा देश की निर्णय क्षमता को दर्शाती है राज्यपाल शिमला स्थित राजभवन में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पुलिस टुकड़ियों की सलामी ली इस अवसर पर राजभवन के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे इस बीच शिमला स्थित प्रदेश उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नारायण स्वामी ने तिरंग फहराया और परेड का निरीक्षण किया इस अवसर पर उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारी व अधिवक्ता भी मौजूद रहे धर्मशाला स्वतंत्रता दिवस विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने धर्मशाला में हुए जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता की और राष्ट्रीय ध्यज फहराया उन्होंने देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया इस मौके देश भक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया

ऐतिहासिक रिज मैदान पर हुए ज़िला स्तरीय समारोह में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने तिरंगा फहराया अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सेना में जाने के इच्छुक नौजवानों के लिए प्री कोचिंग सैनिक अकादमी का शुभारम्भ किया है जिसमें बेटियों के लिए भी स्थान रखा गया है सोलन स्वतंत्रता दिवस सोलन में हुए ज़िला स्तरीय समारोह में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली उन्होंने कोरोना महामारी में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए ज़िला प्रशासन स्वयं सेवी संस्थाओं और मीडिया की सराहना की सुरेश भारद्वाज ने इस अवसर पर कोरोना योद्वाओं को सम्मानित भी किया ऊना स्वतंत्रता दिवस सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने ऊना में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता की उन्होंने कहा कि समाज के पिछड़े व कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए सरकार ने अनेक योजनाएं चलाई है बिलासपुर स्वतंत्रता दिवस बिलासपुर में हुए जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ध्वजारोहण किया उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के हर क्षेत्र का सर्वागिण विकास किया है और समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गई है

शहीदों के बलिदान को याद करते हुए उन्होंने कहा कि देशवासी उनके हमेशा ऋणी रहेंगे इस बीच हमीरपुर में खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने ध्वजारोहण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली

सैजल ने इस अवसर पर कोरोना योद्वाओं को सम्मानित किया सांसद सुरेश कश्यप व विधायक राजीव बिंदल भी इस मौके मौजूद रहे वहीं वन मंत्री राकेश पठानिया ने चंबा ज़िले के बनीखेत में ज़िला स्तरीय समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया

उन्होंने लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए देश की आजादी के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सप्रतो को याद किया उधर रिकांगपिओ में मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा ने ज़िला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता की